प्रदेश में बाढ़ की स्थिति यथावत हालांकि कुछ स्थानों पर नदियों का जलस्तर घटना शुरू

श्रद्वांजलि समा में दो मिनट का मौन भी रखा गया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि श्री वाजपेई अपने अद्युत व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण न केवल देश में बल्कि विश्व की दृष्टि से भी इक्कीसवीं सदी की राजनीति के महानायक थे उनके व्यक्तित्व में हिमालय की ऊँचाई तथा विचारों एवं ज्ञान में समुद्द सी गहराई थी वे अपनी उदारता एवं सबको साथ लेकर चलने की राजनीति के लिए जाने जाते थे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई से उनका उन्नीस सौ बासठ से व्यक्तिगत एवं राजनैतिक संबंध रहा है राज्यपाल ने अपने संस्मरण साझा करते हुए कहा कि अटल जी में कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी प्रदेश में समी वर्ग के लोगों द्वारा अपने प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भावमीनी श्रद्वांजलि देने का सिलसिला जारी है कल भी प्रदेश के कई स्थानों पर शोक समाओं के आयोजन किये गये इन शोक समाओं में स्वर्गीय वाजपेई के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हये उन्हें श्रद्वांजलि दी गयी हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अनेक कायों की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत नेता की अस्थियों को राज्य की सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं उधर भारतीय जनता पार्टी के महासविव मूपेन्द्र यादव ने कहा है कि पूर्व प्रघानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जायेंगी श्री वाजपेयी का लम्बी बीमारी के बाद बीती सोलह अगस्त को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन कल मॉरिशस की राजधानी पोर्टलुई में शुरू हो गया है सम्मेलन के प्रारंभ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण क्मार जगन्नाथ ने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से भारत ने एक महान सपूत और मॉरीशस ने सच्चा मित्र खो दिया है अपने भाषण में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से द्नियामर से आए हिन्दी के प्रतिनिधि श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस मंच पर खड़े हुए मेरे मन में दो भाव एक साथ उमर रहे हैं पहला भाव शोक का है क्योंकि इस सम्मेलन पर अटल जी के निधन की छाया है और दूसरी थाव इस संतोष का भी है कि इस सम्मेलन के बहाने समूचे हिंदी विश्व के प्रतिनिधि अटल जी को श्रद्दाजलि देने के लिए इस समगार में हमने उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद अटल जी के निमित श्रद्दाजलि सत्र रखा है

मॉरीशस के प्रघानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन किया और ग्यारहवें विश्व हिन्दी सम्मेलन पर दो डाक टिकट भी जारी किए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का स्विटजरलैंड में अस्सी वर्ष की उम्र में कल निधन हो गया वे उन्नीस सी सत्तानबे से दो हजार छः तक दो कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव रहे वे संयुक्त राष्ट्र के पहले अश्वेत महासचिव थे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण वर्षा और बाढ़ से प्रमावित केरल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पन्द्रह करोड़ रूपये की धनराशि केरल के मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेजने के निर्देश दिये हैं उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाज सेवियों से भी केरल के बाढ़ प्रमावितों के लिए सहयोग देने की अपील की है श्री योगी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार केरल वासियों के साथ है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के बादग्रस्त इलाकों का कल हवाई सर्वेक्षण किया श्री मोदी ने वर्षा और बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए केरत के लिए पांव सौ करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने बीना कम्पनियों को भी नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष शिविर लगाने और प्रभावित परिवारों तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के लामार्थियों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि जारी करने का निर्देश दिया है उघर केरल में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हई है राज्य के कई जिलों में अभी भी हजारों लोग बाढ़ में फंसे हए हैं प्रदेश में बाढ़ की स्थिति ज्यों कि त्यों बनी हुयी है हालांकि कुछ स्थानों पर नदियों में पानी घटने लगा है लेकिन अमी भी कई जिलों में तटवर्ती स्थानों पर बसे लाखों लोग बाढ़ से घिरे हुये हैं बस्ती जिले में सरयू नदी में बाढ़ के कारण हरैया तहसील के पचास से अविक गांव प्रमावित हैं वहां नदी खतरे के निशान से पचपन सेंटीमीटर ऊपर बह रही है फिलहाल नदी स्थिर है लेकिन कटान और बाढ़ से फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है गोण्डा जिले की घाघरा नदी खतरे के निशान से साठ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जिले के करनैलगंज और तरबगंज तहसील के तीन सौ पचास से अधिक गांव की एक लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है वहां दोनों तहसीलों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गयी हैं कन्नौज जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है जिससे दो दर्जन गांव के लोग उसकी चपेट में आ गये हैं उद्यर प्रदेश के कई जिलों में तेज ध्य निकलने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है तो कुछ जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की भी खबर है सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है जिससे वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत कुशीनगर जिले में मृदा शक्ति बढ़ाने के लिये एक हजार पांच सौ उन्यासी गांवों में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगायी जायेगी इसके लिये प्रत्येक गाव से दो दो किसानों का चयन किया जायेगा विमागीय सूत्रों के हवाले से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि इसके तहत लामार्थियों को पवहत्तर प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा लामार्थियों का चयन उन किसानों में से किया जायेगा जो सम्बन्धित गांव के ग्राम प्रधान के आरक्षण श्रेणी के होंगे नेपाल से भारत भ्रमण के लिए निकले श्रद्वालुओं की एक बस वाराणसी में जिला जेल के सामने डिवाइडर से टकरा कर पलट गई दर्घटना में चालीस लोग घायल हुए है जिनमें से पांव की हालत गंभीर बताई गई है घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है घायलों का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि घायलों के इलाज और उनके खाने पीने की उवित व्यवस्था की गई है पुलिस के अनुसार विपरीत दिशा से आ रहे दो बाइक सवारों को बचाने में बस डिवाइडर पर चढ़ कर पलट गई नेपाल से भारत आ रहे श्रद्धालुओं का आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर इलाहाबाद और आगरा जाने का कार्यक्रम था फैजाबाद जिले के कोतवाली बीकापुर के रामनगर चौराहे के पास इलाहाबाद हाई वे पर कल एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई जिससे कार में सवार तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई सूत्रों के अनुसार मृतकों में से एक मृतक युवक की पहचान हो गई है वह शाहजहांपुर का रहने वाला था